मुख्यमंत्री आज लखनऊ में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिये प्रभावी प्रयास जारी रखे जाए कम रिकवरी दर वाले जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को और सुदृढ़ कर के कोरोना मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध करायी जाय उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा सुबह कोविड अस्पताल में तथा शाम को इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेंटर में नियमित रूप से बैठक की जाय इस बैठक में कोविड नाइन्टीन के नियंत्रण के लिये संचालित गतिविधियों की समीक्षा करते हये आगे की रणनीति तय की जाय

पिछले चौबीस घंटों के दौरान तिरपन हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हए हैं कोविड से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या अठहत्तर लाख से अधिक हो गई है स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या में लगातार बढोतरी से मौजूदा संक्रमित लोगों की संख्या पांच लाख सोलह हजार ही रह गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान पचास हजार तीन सौ सत्तावन नए मामलों का पता चला है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड नाइन्टीन के मामलों से निपटने की रणनीति लगातार जांच संक्रमित लोगों की पहचान और उनके उपचार के कारण स्वस्थ होने वाले लोग बढ़े हैं और मृतकों की संख्या कम हई है फिलहाल पूरे देश में मृतकों की दर एक दशमलव अड़तालिस प्रतिशत है पिछले चौबीस घटों के दौरान पांच र्सा सतहत्तर लोगों की मृत्यू हुई है इसे मिलाकर देश में कोरोना से अब तक एक लाख पच्चीस हजार पांच सौ बासठ लोगों की मृत्यु हो चुकी है भारतीय चिकित्सा अनुसंघान परिषद के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान ग्यारह लाख तेरह हजार से अधिक नमूनों की जांच की गई इसे मिलाकर अब तक ग्यारह करोड़ पैंसट लाख नमूनों की जांच की जा चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेंशनर्स के लिये जीवन प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सुगम और सहज बनाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये आनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देते हुए इस व्यवस्था को पेंशनर्स के लिये सुविधाजनक बनाया जाये इससे पेंशन धारक घर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर आसानी से पेंशन प्राप्त करते रहेंगे राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि डाक विभाग के अन्तर्गत इंडिया पोस्ट पेंमेंट बैंक द्वारा पेंशन धारकों को जीवन प्रमाण पत्र की सुक्विया उनके घर पर उपलब्ध कराई जा रही है इसके तहत डाकिये अथवा ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा स्मार्ट फोन और बायेमैट्रिक डिवाइस का इस्तेमाल करके खाताधारक को घर पर ही बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के किसानों से अपील की है कि वे पराली न जलाएं और इसके बजाय उसकी खाद बनाएं व्यौरा हमारे संवाददाता से प्रदेश के कई शहरों में लगातार बढ़ते स्मोक और खराब होती वायु गुणवत्ता के मदेनजर सरकार ने किसानों के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है और उनसे अपील की जा रही है कि वह खेतों में पढ़ी अपनी फसलों के अवशेष यानी पराली को न जलाएं अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एनसीसी एनएसएस के कैडेटों और भारत स्काउट एंड गाइड के स्वयंसेकों की मदद जागरूकता अभियान में ली जाए और किसानों को जागरूक करते हुए उन्हें फसलों के अवशेष को जलाने के नुकसान के बारे में जानकारी दी जाए प्रशासन पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ लगातार कार्रवाई भी कर रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्वनाथ ने अषिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित पराली को जलाने वाले किसानों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के दौरान उनसे बिल्कुल भी दुर्व्यवहार न किया जाए सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

यह परीक्षा तेईस राज्यों और एक केन्द्रशासित प्रदेश में तैंतीस सैनिक स्कूलों में छठी और नौवीं कक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित होगी दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीस अक्टूबर से शुरू हो गई है और इस महीने की उन्नीस तारीख तक चलेगी ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर पंजीकरण कराना पड़ता है वेबसाइट का पता है एआईएसएसईई डॉट एनटीए डॉट एनआईसी डॉट इन